राज्यपाल आनंदीबेन पटेल श्री नाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाईगी श्री नाथ आज अकेले ही शपथ ले रहे हैं मंत्रिमण्डल का गठन बाद में किया जायेगा इस आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सहित देश के प्रमुख राजनेताओं और औद्योगिक जगत की प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की

समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्री कैलाश जोशी ने भी शिरकत की शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं शहर की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन भी किया गया है नायडू महिला आरक्षण उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर आम सहमति बनाने और इसे पारित करने की अपील की है नई दिल्ली में महिला अधिकारिता से संबंधित नीति आयोग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सफल साबित हुआ है उप राष्ट्रपति ने कहा कि मजदूरी में अंतर या करियर विकास के लिए कम अवसर मिलने सहित महिलाओं के प्रति सभी तरह का भेदभाव खत्म होना चाहिए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र महिलाओं को समान अवसर देकर इस भेदभाव को खत्म करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं श्री नायडू ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में भारत ने महिला उद्यमशीलता में महत्वपूर्ण वृद्वि दर्ज की है मौसम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफ़ान और पहाड़ों से आ रही बफीर्ली हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ गई है कल प्रदेश का सबसे कम तापमान खुजराहो में दर्ज किया गया ठंड के मद्देनजर इंदौर उज्जैन और खरगोन में जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है स्थानीय मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है अभी मौसम के रुख में फिलहाल कम से कम दो दिनों तक विशेष बदलाव के आसार नही है दतिया भिंड मुरैना टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में घने कोहरे के आसार है रीवा छतरपुर सागर और ग्वालियर जिले में शीतलहर चलने की संभावना है वहीं बालाघाट मंडल झाबुआ में हल्की बारिश दर्ज की गई सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह जिले में छुटपुट बारिश हुई है